अब समाचार विस्तार से कांताराव ईवीएम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने विधानसभा चुनाव में मतगणना और स्ट्रांग रूम के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आष्वस्त किया है कि स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है

इसकी वीडियों रिकार्डिंग भी करायी गयी है

बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे कांग्रेस शिकायत प्रदेश में मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर कल कांग्रेस के एक उच्चस्तरीय दल ने केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई प्रतिनिधी मंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अहमद पटेल विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल शामिल थे कांग्रेस ने मांग की है कि मतगणना के दौरान हर राउंड के बाद उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाए

भाजपा शिकायत भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई ने कल इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के स्ट्रांग रूम में कांग्रेस नेताओं के प्रवेश को आपत्तिजनक बताते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है पार्टी ने इससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक किए जाने और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है भाजपा की ओर से यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार पार्टी की निर्वाचन आयोग संबंधी समिति के संयोजक शांतिलाल लोढ़ा ने शिकायत में कहा है कि भोपाल से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में यह उल्लेख है कि कांग्रेस द्वारा ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जबकि जिले की सभी विधानसभाओं की ईवीएम स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखी गयी है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएलकांताराव ने कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है वह किसी प्रत्याशी का मतगणना एजेंट नही बन सकेगा चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए श्री कांताराव ने बताया कि केन्द्र और राज्य के मंत्री सांसद विधायक स्थानीय संस्थाओं के अध्यक्ष महापौर नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष भी मतगणना एजेंट नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे मतगणना प्रकिया के संबंध में उन्होंने बताया कि डाक मतपत्रों की गणना के साथ शुरूआत होगी इसके तीस मिनट बाद ईवीएम से मतगणना आरंभ की जायेगी

यह उपग्रह देशभर में ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और नई पीढ़ी की तकनीको के प्रयोग का मंच बनेगा

वायु सम्पर्कता बढ़ाने के लिये संबंधित विभाग दिशा निर्देश और अधिसूचनाएँ जारी करेंगे इस संबंध में नीति की व्याख्या विवाद निराकरण और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के मामलों को सुलझाने के लिये इस समिति का गठन किया गया है समिति में सदस्य के रूप में प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव विमानन विभाग को भी शामिल किया गया है

अकादमी के खिलाड़ियों द्वारा अर्जित इस उपलब्धि पर प्रसन्न्ता व्यक्त करते हुए संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ एसएल थाउसेन ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है

बालिका वर्ग में तमिलनाडु ने मध्य भारत को एक पारी और चार अंकों से हराया अन्य मुकाबलों में केरल ने उत्तरप्रदेश और ओडिसा ने जम्मूकश्मीर को पराजित किया बालक वर्ग में कोल्हापुर ने मध्य भारत को तीन अंकों से हरा दिया आज प्रतियोगिता क्वाटर फायनल मुकाबले खेले जायेंगे हॉकी ओडिसा के भुवनेश्वर में पुरूष हॉकी विश्वकप प्रतियोगिता के पूल बी में पिछले दो बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने कल इंग्लैंड को तीन शून्य से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया अपने पूल में शीर्ष पर बरकरार है पूल सी में शनिवार को मेजबान भारत का अपने तीसरे और अंतिम ग्रूप मैच में कनाडा से सामना होगा